पटना में बर्ड फ्लू कई और क्षेत्रों में फैला

लोकसभा ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार अठारह को अपनी मंजूरी दे दी है विधेयक में व्यवस्था है कि नये मोबाइल फोन कनेक्शनों और बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार नम्बर देना अब वैकल्पिक होगा विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने आधार को कानूनी मजबूती प्रदान की है

यह हमने सर्कुलर भेजा है हमारी सरकार ने तय किया है कि आधार के आभाव में किसी को भी अस्पताल में फर्स्ट एड से रोका नहीं जाएगा आधार ने क्या किया है कटिंग फिटिंग सेटिंग करने वाले को अलग कर दिया है और सीधा जनता और सरकार के बीच उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है कानून मंत्री ने कहा कि आधार को लागू किये जाने से बिचौलिये की भूमिका समाप्त हो गई है पटना में चिड़ियाघर और आर्ट कॉलेज के बाद बर्ड फ्लू अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा है

इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी केंद्र से आयी दोनों टीमों में से एक टीम पटना में जांच करेगी जबकि दूसरी टीम जमालपुर जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना और जमालपुर में पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिये काम कर रही है जल्द ही इस पर नियंत्रण पा लिया जायेगा इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक छह सदस्यीय टीम भी पहुंची है जो संजय गांधी जैविक उद्यान में प्रभावित क्षेत्रों की जांच कर रही है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में दो सौ सैंतीस पुलों के निर्माण की मंजूरी दी है सबसे अधिक अररिया में पंचानवे पुल बनाये जायेंगे जबकि किशनगंज में पचास बांका में उन्नीस औरंगाबाद में आठ पूर्वी चंपारण में बारह जमुई में दस और सहरसा में पांच पुल बनाये जायेंगे इन पुलों के निर्माण में साठ प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी और चालीस प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि राज्य में छह सौ साठ पुलों को बनाया जाना है जिसमें एक सौ छिहत्तर पुलों के निर्माण की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है

पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बूदा बांदी होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है भागलपुर पूर्णिया गया और पटना समेत कई अन्य जिलों में बादल छाये रहने की संभावना है

उधर कोहरे के कारण राज्य के किशनगंज मुजफ्फरपुर मधुबनी सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों में हुये सड़क दुर्घटनाओं में लगभग चौवालीस वाहन आपस में टकरा गये दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गयी और बासठ से अधिक लोग घायल हो गये हैं वहीं कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा है कई ट्रेने घंटों विलंब से चल रही हैं विमानों का परिचालन भी देरी से हो रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिये नये अकादमिक सत्र से इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरूआत करेगा बोर्ड ने कहा कि नये सत्र से छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिये इस कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है राज्य के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की निगरानी अब बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम बेस्ट एप के माध्यम से की जायेगी बीईपी के कार्यक्रम अधिकारी रविशंकर सिंह ने बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के सहयोग से इसे विकसित किया है केंद्र सरकार ने राज्य में रामायण सर्किट का संशोधित परियोजना प्रतिवेदन मांगा है केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री को जे अल्फोंस ने बताया कि बिहार में बक्सर सीतामढ़ी और दरभंगा में भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास किया जायेगा राज्य के थानों में अगले छह महीनों में थाना प्रबंधकों की नियुक्ति कर दी जायेगी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इन प्रबंधकों पर थानों में स्टेशनरी से लेकर अन्य सभी समानों की देखरेख करने का जिम्मा होगा साथ ही वहां आने वाले लोग से कैसा व्यवहार किया जाय इसकी भी जिम्मेदारी होगी पटना जिले के नौबतपुर नगर पंचायत के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी श्रीश चौहान और नगर पंचायत अध्यक्ष समेत बारह लोगों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कराया है

मेघायल के खिलाफ होने वाले कूच विहार ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले के लिए बिहार टीम में चार परिवर्तन किये गये हैं रिशव राकेश रंजन राज निशित और चंदन यादव को टीम में शामिल किया गया है वहीं सी के नायडू क्रिकेट ट्रॉफी के लिये बिहार टीम में तीन परिवर्तन किये गये हैं निक्कु कुमार सत्यम यादव और सर्वेश तिवारी को टीम में जगह मिली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अगल अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने संसद में राफेल पर चर्चा को बड़ी खबर बनाते हुये सुर्खी लगायी है राफेल पर रक्षा मंत्री के जवाब से नई रार अखबार की एक अन्य सुर्खी है पटना के तिरेपन घाटों से बालू ढुलाई का काम ठप्प दैनिक जागरण ने पटना सिटी के रानीपुर में बच्चे के गड्डे में गिरने की घटना को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुये शीर्षक दिया है दस फीट गहरे नाले में गिरा आदित्य एनडीआरएफ टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने आयोध्या मामले की सुनवाई की तारिख तय होने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार ने शीर्षक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने दस सेकंड में ही दस जनवरी तक के लिये टाल दी सुनवाई प्रभात खबर ने कोहरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है कोहरे का कहर चौवालीस गाड़ियां टकरायीं छह की गयी जान

पटना में बर्ड फ्लू कई और क्षेत्रों में फैला

और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे प्रदेश में छाये रहेंगे बादल